तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में ठंड से बारह लोगों की मृत्यु

प्रदेश में कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं है ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में अत्यधिक ठंड की चेतावनी जारी की है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शीतलहर और ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया छपरा मुजफ्फरपुर भागलपुर और फारबिसगंज में भीषण ठंड दर्ज की गयी भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का पांच दशमलव दो और पटना का छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार गया पूर्णियां भागलपुर सहित राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में रहेंगे और कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की भी सम्भावना है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में एक जनवरी की देर रात से चार जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है ठंड से प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह लोगों की मौत हुई है पूर्वी चम्पारण जिले में चार नवादा औरंगाबाद और शिवहर जिले में दो दो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है शीतलहर के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गयी है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को भीषण ठंड को देखते हुये हर दिन अलाव जलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है इधर कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है कई ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है जबकि कई एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द किया गया है वहीं पटना हवाई अड्डे से दर्जनों विमान घंटों देरी से उड़ान भर रहे हैं कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है ठंड और शीतलहर के कारण खेती प्रभावित हुई है आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही आलू के पौधे मुरझाने शुरू हो जायेंगे वहीं ठंड के कारण गेहूँ की फसल को फायदा हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि जेन नेक्स के नाम से पहचानी जाने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी भारत के आध्रनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएगी जनता के साथ भावनात्मक संपर्क कायम करते हुए श्री मोदी ने बेतिया में के आर हाई स्कूल के पूर्व छात्रों के संगठन संकल्प पंचानवे का उल्लेख किया

दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक एलुमनी मीट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा इसमें पूर्व छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेत्थ अवयेरनेस का संकल्प नाइनटी फाईव की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कालेज और कई अस्पताल भी जुड़ गये उसके बाद तो जैसे जन स्वास्थ्य को लेकर एक पूरा अभियान ही चल पड़ा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है कि अर्द्धसैनिक बलों के प्रत्येक जवान को प्रतिवर्ष सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर मिले नई दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पूलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने यह बात कही

इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते है और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है मैंने सभी सशस्त्र बलों के डीजीस से सुझाव भी मांगे हैं एक कम्पयूटीआरडज तैनाती का साफ्टवेयर भी कुछ संस्थाओं को मैंने व्यक्तिगत तौर पर बनाने के लिए दिया है केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अभी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का कोई प्रस्ताव नहीं है श्री प्रसाद ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि विपक्ष के लोग राजनीति के लिए एनआरसी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरपनवां प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह कल से पटना सिटी स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारे में आयोजित किया जायेगा प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिये देश विदेश से सिख श्रद्वालुओं के आने का सिलसिला जारी है तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में प्रकाश पर्व को लेकर आज से श्री गुरूग्रंथ का अखंड पाठ शुरू हो गया है श्रद्धालु तख्त साहिब में मत्था टेकने के बाद बाल लीला और कंगन घाट पहुंच रहे हैं श्रद्वालुओं के लिए चौबीसों घंटे लंगर की विशेष व्यवस्था की गयी है श्रद्धालुओं के लिये कंगन घाट में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है मुख्य समारोह दो जनवरी तक आयोजित होगा बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली कर्मनासा नदी पर बने पूल का पाया क्षतिग्रस्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग दो प्ररी तरह जाम हो गया है कर्मनासा पुल धंसने के बाद डायवर्सन बनाने का काम शुरू हो गया है प्रशासन द्वारा जाम में फंसे वाहनों को निकालने की कोशिश की जा रही है बिहार से आने जाने वाली भारी वाहनों के आवागमन के लिए नया रूट जारी किया गया है वहीं बिहार की ओर से उत्तर प्रदेश जाने वाले वाहन उसी रास्ते से होते हुये रामनगर से वाराणसी के रास्ते भदोई प्रयागराज की तरफ जायेंगे नेशनल एलिजिबलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट दो हजार बीस के लिए आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशलन टेस्टिंग एजेंसी करेगी नीट के लिए एडमिट कार्ड सत्ताईस मार्च को जारी किया जायेगा जबकि तीन मई को परीक्षा होगी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में सम्पन्न कूच बिहार ट्रॉफी अन्डर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मिजोरम पर पारी और इकतीस रनों से जीत हासिल की है इस टूर्नामेंट में बिहार ने अभी तक छह मैचों में से पांच में जीत दर्ज की है पांच मैचों में बिहार पारी से जीता है जबकि चंडीगढ़ से एक सौ तिरसठ रनों से हार मिली इधर पटना में सम्पन्न सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मेघालय को पारी और दो सौ उनतालीस रनों से पराजित किया गुवहाटी में नौ जनवरी से होने वाले खेलो इंडिया में मलखम्भ प्रतियोगिता में बिहार के प्रवीण ईशा श्री और अभिषेक का चयन किया गया है पटना पूलिस की टीम ने डकैती के एक मामले में चौदह किलो चांदी के आभूषण सोने के गहने पन्द्रह मोबाईल और पांच लाख रूपये नकद बरामद किये हैं इस मामले में छह अपराधियों और एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार से बिना शर्त अन्तर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की है इस मामले पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है भारतीय लोक नृत्य कला के राष्ट्रीय कार्यक्रम में बिहार की टीम को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला पुरस्कार और पांच लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया है सम्मानित होने वाले सभी कलाकार पूर्णियां के हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को अपनी सुर्खी बनाते हुये इससे जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार समेत पन्द्रह प्रदेशों में पारा पांच डिग्री से नीचे पहुंचा आज अखबार की सुर्खी है पटना में शिमला का एहसास गया और पटना रहा सर्द दिन आलू की फसल का भारी नुकसान प्रभात खबर ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है अब अर्धसैनिक बलों के परिवारों को हेल्थ कार्ड साल के आखिरी मन की बात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये दैनिक जागरण लिखता है प्रधानमंत्री ने कहा देश की युवाओं को नापसंद है अराजकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई पीढ़ी को दी देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दैनिक भास्कर की सुर्खी है सर्दी का सितम पटना में दिन का पारा गिरने से गलन बढ़ी और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं

तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में ठंड से बारह लोगों की मृत्यु